संविधान पीठ से न्यायमूर्ति उदय यू ललित के अलग होने के कारण पीठ का पुनगर्ठन किया जायेगा

उच्चतम न्यायालय में अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई अब उनतीस जनवरी से होगी मामले की सूनवाई के लिए गठित संविधान पीठ से न्यायमूर्ति उदय यू ललित के अलग होने के कारण पीठ का पुनर्गठन किया जाएगा सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने पीठ को बताया कि न्यायमूर्ति उदय यू ललित उन्नीस सौ चौरानवे में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की ओर से अदालत में पेश हुए थे हालांकि उन्होंने कहा कि वे न्यायमूर्ति यूयू ललित को हटाने की मांग नहीं कर रहे हैं लेकिन राजीव धवन की इस बात पर न्यायमूर्ति ललित ने स्वयं सुनवाई से अलग होने का फैसला किया प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में चार जनवरी को पीठ का गठन किया गया था न्यायमूर्ति एसए बोबडे एनवी रमन्ना और डीवाई चंद्रचूड़ इस पीठ के अन्य सदस्य हैं जीएसटी परिषद् ने पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर शेष अन्य राज्यों में चालीस लाख रूपये सालाना टर्न ओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी के दायरे से छूट दी है आज वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में परिषद् की हुई बैठक में यह फैसला किया गया पहले यह सीमा बीस लाख रूपये निर्धारित थी वहीं इस साल एक अप्रैल से कम्पोजिट स्कीम का दायरा बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रूपये करने का निर्णय लिया गया वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत छोटे व्यापारियों को कारोबार के आधार पर मामूली टैक्स देना होगा उन्होंने कहा कि इन दोनों फैसलों से सूक्ष्म लघु और मध्यम कारोबार को फायदा होगा जीएसटी इंटेलीजेंस की टीम ने आज पटना के एक प्रतिष्ठित मिठाई दुकान की कई शाखाओं पर एक साथ छापेमारी की सूत्रों से मिली जानकारी के अनसार कर चोरी के आरोप में ये कार्रवाई की गयी है मौके से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किये गये हैं सामान्य वर्ग के गरीबों को नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में दस प्रतिशत आरक्षण दिये जाने संबंधी एक सौ चौबीसवां संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिये भेजा जायेगा विधेयक को कल राज्यसभा ने पारित कर दिया था केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि यह विधेयक सामाजिक न्याय की अवधारणा को और मजबूत करेगा उन्होंने कहा कि लाभार्थियों के लिये आय के मानदंडों के बारे में सभी राज्य फैसला लेने के लिये स्वतंत्र होंगे श्री प्रसाद ने कहा कि आठ लाख रूपये की आय सीमा बाध्यकारी नहीं है लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सवर्ण गरीबों के लिये आरक्षण की व्यवस्था को एक साहसिक कदम बताते हुए कहा है कि इससे देश में सामाजिक न्याय की अवधारणा और मजबूत होगी आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि विधेयक का विरोध करने वाले दलों को जनता आने वाले चुनाव में जवाब देगी उन्होंने कहा कि राजद ने इस बिल का विरोध कर अपना असली चेहरा उजागर कर दिया है झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका आज खारिज कर दी है राजद अध्यक्ष ने अपनी उम्र और खराब सेहत के आधार पर न्यायालय में जमानत की अर्जी दी थी केन्द्र सरकार तीन तलाक के मुद्दे पर एक बार फिर अध्यादेश लायेगी संसदीय कार्य राज्यमंत्री विजय गोयल ने कहा कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक के राज्यसभा से पारित नहीं हो पाने के कारण अध्यादेश लाने का फैसला किया गया है इस मामले में पिछले साल सितम्बर महीने में सरकार द्वारा अध्यादेश लाया गया था केन्द्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि कौशल विकास की योजनाओं से देश की युवाओं को स्वरोजगार के लिये तैयार किया जा रहा है आज रांची में ग्लोबल स्किल समिट को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि मानव संसाधन के समूचित उपयोग से रोजगार के नये अवसर पैदा हो रहे हैं उन्होंने कहा कि इस आयोजन में एक लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया जो अपने आप में एक रिकार्ड है नारकोटिक्स विभाग ने आज पटना में सात क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया है

खनन और भूतत्व विभाग ने जिला स्तर पर बालू की कीमतों के निर्धारण की जिम्मेवारी जिलाधिकारी को सौंपी है बालू की बढ़ती कीमतों को देखते हुए यह फैसला किया गया है वहीं विभाग ने बालू की उपलब्धता बढ़ाने के लिये पश्चिम बंगाल से ट्रेनों के माध्यम से बालू मंगवाने का निर्णय किया है इस बालू की आपूर्त्ति मुजफ्फरपुर सहरसा और दरभंगा जिले में की जायेगी निगरानी जांच ब्यूरो ने जमुई जिले के सोनो के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रामशंकर प्रसाद को दस हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार पदाधिकारी एक शिक्षिका के विभागीय कामों के निष्पादन के एवज में घूस ले रहा था मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटो के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य बने रहने की संभावना जतायी है विभाग ने कहा है कि इस दौरान ठंडी हवा के चलने से लोगों को कनकनी का एहसास होगा सुबह में हल्का कोहरा छाया रहेगा और दिन में अच्छी धूप खिलेगी आज चार दशमलव छह डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबौर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा पटना का न्यूनतम तापमान आठ दशमलव छह गया का पांच दशमलव पांच भागलपुर का नौ दशमलव चार और पूर्णिया का आठ दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया महागठबंधन में शामिल राजद और कांग्रेस सहित अन्य घटक दलों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टिप्पणी के विरोध में आज राजधानी पटना में राजभवन मार्च निकाला विरोध जुलूस के कारण बेली रोड पर कई घंटे जाम लगा रहा जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा बाद में महागठबंधन के एक शिष्टमंडल ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों पत्रकारों के प्रश्न के जवाब में कहा था कि सड़क से लोगों को लाकर महागठबंधन में शामिल किया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मधुबनी जिले के सौराठ में मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित संग्रहालय के भवनों का शिलान्यास किया इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मिथिला चित्रकला को विश्व भर में पहचान मिली है उन्होंने कहा कि जापान दौरे के क्रम में उन्हें वहां भी मिथिला चित्रकला पर आधारित एक म्यूजियम देखने का अवसर मिला उन्होंने कहा कि इस कला के विकास के लिये सरकार हरसंभव कदम उठा रही है बोधगया में कल से शुरू हो रहे बौद्ध महोत्सव के पूर्व आज ढुंगेश्वरी से महाबोधि मंदिर तक ज्ञान यात्रा निकाली गयी इसमें विभिन्न देशों से आये बौद्ध भिक्षु स्कूली बच्चे और आम लोग शामिल हुए कल शाम कालचक्र मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बौद्ध महोत्सव का विधिवत उद्घाटन करेंगे दरभंगा जिले के विशनपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ट्रक से एक सौ नवासी कार्टन शराब के साथ छह तस्करों को गिरफ्तार किया है मौके से पचपन हजार रूपये नकद और दस मोबाईल फोन भी जब्त किये गये अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है वहीं शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय से पुलिस ने एक शराब भट्टी को ध्वस्त कर भारी मात्रा में निर्मित अर्द्वनिर्मित शराब बरामद की है मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया उनहत्तरवीं राज्य स्तरीय एसएम मोइनुल हक फुटबॉल प्रतियोगिता इक्कीस जनवरी से बक्सर में आयोजित की जायेगी बिहार फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव इम्तियाज हुसैन ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में चालीस टीमें हिस्सा लेंगी ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव अनंत कुमार सिंह की अध्यक्षता में डिजिटल इंडिया लैंड रिकार्ड मॉड्नाइजेशन प्रोग्राम के क्रियान्वयन को लेकर आज मुजफ्फरपुर समाहरणालय में एक बैठक हुई पूर्वी चंपारण जिले के चकिया थाना के बनरझूला के पास दिल्ली से मुजफ्फरपुर आ रही एक बस अनियंत्रित होकर पलट गयी इस दुर्घटना में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गये सारण जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगा नदी के दियारा से पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन कर चार लोगों को निर्मित और अर्द्वनिर्मित हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आज चौथे दिन भी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण इमरजेंसी और ओपीडी सेवाएं ठप हैं छात्रों ने कई वार्डो में तालाबंदी भी कर दी है हड़ताली छात्र अपना परीक्षा केन्द्र मुजफ्फरपुर के बदले दरभंगा किये जाने की मांग कर रहे हैं

संविधान पीठ से न्यायमूर्ति उदय यू ललित के अलग होने के कारण पीठ का पुनगर्ठन किया जायेगा